प्रचार कल शाम को समाप्त हो जाएगी मतदान इक्कीस अक्टूबर को होगी खोंसा वेस्ट उप चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार तिरोंग आबोह की पत्नी चाकत आबोह और अजेंट हेमटोक मैदान में है विधानसभा क्षेत्र में लगभग दस हजार एक सौ छियासी मतदाता है और कुल तेईस मतदान केंद्र लगाए जायेंगे विधानसभा क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उप चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी एहतियाती व्यवस्था की गई है महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो जाएगी विधानसभा के लिए चुनाव आगामी इक्कीस अक्टूबर को होगी राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने कल राज्यभवन में मिआओ विजायनगर सड़क निर्माण परियोजना को अंतिम रुप देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की बैठक में चालीस आर प्रतिरोध वर्गीकरण के साथ पुलों का निर्माण और अधिक से अधिक संख्या में निवास करने के लिए नया संरेखण करने का निर्णय लिया गया राज्यपाल ने कहा कि द्रस्थ क्षेत्र के लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा और कल्याण के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे जल्द से जल्द मुख्यधारा के साथ जुड़ सके उन्होंने ऐसे क्षेत्र के लोगों को प्रचलित मूल्य स्तर पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया केंद्रीय वाणीज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि सरकार वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेजन द्वारा कथित रुप से अधिक मूल्य वसूलने की जांच कर रही है श्री गोयल ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन कंपनियों के पास विस्तृत प्रश्नावली भेजी गई है और उनके जवाब का इंतजार है श्री गोयल ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों को छूट पर अपने उत्पाद बेचने का कोई अधिकार नहीं है और इससे खुदरा क्षेत्र को काफी घाटा होगा उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को केवल सम्भावित विक्रेता और खरीददारों में संपर्क स्थापित करने की अनुमति दी गई है श्री गोयल ने कहा कि अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो कड़ी कारवाई की जाएगी अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा परिसर में स्थित दोरजी खांडू सभागार में समग्र शिक्षा के तहत कल राष्ट्रीय आविष्कार अभियान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला शुरु हुई

इस अवसर पर मैथ्स और साइंस किट का प्रदर्शन किया गया अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वरोजगार शुरु करने योग्य बनाना होगा ताकि वे स्टार्टअप शुरु कर द्रसरे को भी रोजगार दे सके श्री मिश्रा ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद आधुनिक शिक्षा तकनीकों का उपयोग कर युवाओं का कौशल विकास समय की आवश्यकता है इस अवसर पर शिक्षामंत्री ताबा तेदिर ने भी संबोधित किया अपर सियांग जिले के मारियांग अंचल के मिलांग गांव में आज सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुई आग दुर्घटना में उन्नीस घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए और सात घरों को आशिक रुप से नुकसान पहुंचा है हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है अपर सियांग जिला उपायुक्त तापर पादा सहित ए डी सी मारियांग डॉ मोनजुली कोमुत और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया और तत्काल राहत के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान किए जिला उपायुक्त ने मारियांग ए डी सी को नुकसान का आकलन करने और राज्य सरकार से राहत सहायता मिलने के लिए बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया

घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं हैं अगजनी में करोड़ों के संपत्ति के नुकसान होने की खबर है घटना की खबर मिलते ही दिरांग जिला विधायक फुरपा सेरिंग जिला उपायुक्त सोनल स्वरुप सहित अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल राहत के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की दिरांग सव डिविजनल कार्यकारी समिति द्वारा आग लगने और नुकसान का जायजा किया जा रहा है नामसाई पुलिस ने गत ब्रधवार को चांगलांग जिले के बोरद्मसा से एक नाबालिक लड़की की अपहरण के आरोप में एक तेईस वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया नामसाई जिले के मनमाव पुलिस स्टेशन में नाबालिक ल ड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी जहां से उसे कथित तौर पर अगवा कर लिया गया था चांगलांग पुलिस अधीक्षक मिहित गाम्बों ने मनमाव पुलिस स्टेशन के विशेष जांच दल द्वारा त्वरित कारवाई कर पीड़ित लड़की की जल्द बरामदगी के लिए उनकी सराहना की